भारत खिलौना मेले का वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत के स्थानीय खिलौने अपेक्षाकृत अधिक सस्ते और पर्यावरण अनुकूल वस्तुओं से निर्मित हैं उन्होंने भारतीय खिलौना निर्माताओं से पर्यावरण और मस्तिष्क के अनुकूल खिलौने बनाने का अनुरोध किया श्री मोदी ने कहा कि किसी भी संस्कृति में जब खेल और खिलौने आस्था के केन्द्रों का हिस्सा बन जाए तो इसका अर्थ है कि वो समाज खेलों के विज्ञान को समझता है हमारे यहां खिलौने ऐसे बनाए जाते थे जो बच्चों के चहुंमुखी विकास में योगदान दें उनमें एलालिटीकल माइंड विकासित करें आज भी भारतीय खिलौने आधुनिक फैंसी खिलौनों की तुलना में कही सरल और सस्ते होते हैं सामाजिक भौगोलिक परिवेश से जुड़े भी होते हैं श्री मोदी ने कहा कि पहला खिलौना मेला व्यापारिक या आर्थिक गतिविधि नहीं है बल्कि देश के सदियों पुराने खेलों की संस्कृति को मजबूती प्रदान करने का आयोजन है प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के खिलौना उद्योग में बहुत बड़ी ताकत छिपी है और आत्मनिर्भर भारत अभियान से इसमें और वृद्धि हो रही है श्री मोदी ने कहा कि नई शिक्षा नीति में खेल और गतिविधि आधारित शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है हमारी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में है प्ले आधारित और गतिविधि आधारित शिक्षा को बड़े पैमाने पर शामिल किया गया है एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था है जिसमें बच्चों में पहलियों और खेलों के माध्यम से तार्किक और रचनात्मक सोच बढ़े इस पर विशेष ध्यान दिया गया है कोरोना समाचार केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से कोविड महामारी पर पूरी तरह से नियंत्रण पाने के लिए उचित सावधानी और कड़ी निगरानी रखने को कहा है कोविड के मौजूदा दिशा निर्देशों को इकतीस मार्च तक बढ़ाने के बारे में श्री भल्ला ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को पत्र लिखा है इधर छत्तीसगढ़ में अब तक दो लाख उनतीस हजार से अधिक लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है इस बीच राजनांदगांव के दिग्विजय महाविद्यालय के समाज शास्त्र और समाज कार्य विभाग के विद्यार्थियों द्वारा कोरोना संक्रमण से बचाव के संबंध में लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से रैली और नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया वहीं कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए प्रशासन द्वारा नगर निगम के सभी वार्डो में शारीरिक दूरी और मास्क सहित शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन कराने के लिए अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है इधर दुर्ग जिले के पाटन विकासखंड के जमराव स्कूल और धमधा विकासखंड के प्राथमिक स्कूल सोनेसरार के एक एक शिक्षक कोरोना पॉजीटिव पाए गए हैं जिला शिक्षा अधिकारी ने इन दोनों स्कूलों को आगामी आदेश तक बंद रखने के निर्देश दिए हैं केन्द्र खाद्य सब्सिडी केन्द्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ के लिए खाद्य सब्सिडी की राशि चार हजार आठ सौ करोड़ रूपये जल्द ही जारी की जाएगी केंद्रीय खाद्य मंत्री पीयूष गोयल ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ नई दिल्ली में हुई बैठक में यह जानकारी दी बैठक के दौरान बताया गया कि छत्तीसगढ़ से केंद्रीय पूल के लिए खरीदे जाने वाले चावल की मात्रा पर चौबीस लाख मीटरिक टन की अधिकतम सीमा लगाई गई है जो पिछले वर्षो में स्वीकृत मात्रा के बराबर है खरीद की जाने वाली मात्रा समेत केंद्रीय पूल के लिए खरीद संचालन पूरी तरह से केन्द्र सरकार भारतीय खाद्य निगम और संबंधित राज्य सरकार के बीच हुए एमओयू पर आधारित है मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत आज प्रदेश के बाईस जिलों में एक साथ सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया इस अवसर पर तीन हजार दो सौ उनतीस जोड़े परिणय सूत्र में बंधे इसे गोल्डन ब्रक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजधानी रायपुर के इंडोर स्टेडियम में आयोजित समारोह में शामिल हुए इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से नवविवाहित जोड़ों से बातचीत की और उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया उन्होंने कहा कि कन्यादान से बड़ा पृण्य और कोई नहीं है माघी पुन्नी के दिन इसका महत्व और बढ़ गया है श्री बघेल ने कहा कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत दी जाने वाली सहायता राशि को पंद्रह हजार रूपये से बढ़ाकर पच्चीस हजार रूपये किया गया है उच्च शिक्षा नैक ग्रेडिंग उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल ने प्रदेश में संचालित सभी शासकीय उच्च शिक्षण संस्थानों के नैक ग्रेडेशन में सुधार लाने के लिए मिशन मोड में काम करने के निर्देश दिए हैं श्री पटेल ने मंत्रालय में आयोजित बैठक में कहा कि नैक ग्रेडेशन में सुधार कार्य की निगरानी और मॉनिटरिंग के लिए राज्य जिला और विश्वविद्यालय स्तर पर दलों का गठन भी किया जाएगा

इसमें देश विदेश के लगभग ग्यारह हजार धावक शामिल हुए मैराथन दौड़ सुबह साढ़े छह बजे नारायणपुर के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मैदान से शुरू होकर ओरछा विकासखंड के ग्राम बासिंग में संपन्न हुई मैराथन दौड़ शुरू होने से पहले धावकों को वार्मअप कराने के लिए जुम्बा डांस कराया गया इस मैराथन में हैदराबाद के अनीब थापा ने प्रथम स्थान हासिल किया वहीं महाराष्ट्र के अंगारिया विक्रम दूसरे और दीपक बापू तीसरे स्थान पर रहे महिला वर्ग में उत्तरप्रदेश की रीनू पहले स्थान पर रही जबकि उत्तरप्रदेश की ही तामसी सिंह ने दूसरा और महाराष्ट्र की ज्योति जे चौहान ने तीसरा स्थान प्राप्त किया इस अवसर पर बस्तर सांसद दीपक बैज और अन्य अतिथियों ने विजयी प्रतिभागियों को प्रस्कृत किया पहला स्थान प्राप्त करने वाले विजेताओं को एक लाख इकसठ हजार रूपये की नगद राशि प्रदान की गई वहीं दूसरे स्थान पर रहे धावकों को इकसठ हजार और तीसरा स्थान प्राप्त करने वाले विजेताओं को इकतीस हजार रूपये की नगद राशि तथा मैडल प्रदान किए गए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 यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की चौहत्तरवीं कड़ी होगी आकाशवाणी और द्रदर्शन के समूचे नटवर्क पर इसका प्रसारण होगा यह आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा मन की बात कार्यक्रम आकाशवाणी दूरदर्शन समाचार प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी सीधा प्रसारित होगा आकाशवाणी से हिन्दी में प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसे प्रसारित किया जायेगा क्षेत्रीय भाषाओं में इसे रात आठ बजे फिर सुना जा सकेगा माघी पुन्नी मेला छत्तीसगढ़ के प्रयाग के नाम से प्रसिद्ध राजिम में आज से माधी पुन्नी मेला शुरू हो गया है इस अवसर पर महानदी पैरी और सोंद्र के त्रिवेणी संगम पर श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई और भगवान राजीव लोचन तथा कुलेश्वर महादेव के दर्शन किए यह मेला आगामी ग्यारह मार्च महाशिवरात्रि तक चलेगा माघी पुन्नी मेले में हर दिन शाम को छत्तीसगढ़ के सुप्रसिद्ध लोक कलाकारों द्वारा राज्य की पारंपरिक कला और संस्कृति पर आधारित प्रस्तुति दी जाएगी वहीं जांजगीर चांपा जिले के शिवरीनारायण में भी पुण्य स्नान के साथ माधी मेला शुरू हो गया है इस अवसर पर त्रिवेणी संगम में श्रद्दालुओं ने डुबकी लगाई और भगवान नर नारायण के दर्शन किए उधर धमतरी जिले में रूद्री और देवपुर सहित विभिन्न स्थानों पर मेले का आयोजन किया जा रहा है माघी पुन्नी पर रूद्रेश्वर घाट में श्रद्धालुओं ने पुण्य स्नान किया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज सिहावा क्षेत्र में बसे कर्णेश्वर धाम के मंदिरों में दर्शन के लिए पहुंचे इस अवसर पर उन्होंने शिव मंदिर में प्रजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की तरक्की और ख्शहाली के लिए प्रार्थना की मुख्यमंत्री ने राजिम माधी पुन्नी मेला और शिवरीनारायण मेला की प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं उन्होंने लोगों से अपील की है कि माधी पुन्नी मेले में जाते समय कोविड नाइंटीन से बचाव के लिए मास्क पहनें शारीरिक दूरी बनाए रखें और सभी आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन करें भाजपा किसान मोर्चा बैठक भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा की प्रदेश कार्यसमिति की बैठक आज रायपुर स्थित भाजपा कार्यालय में आयोजित की गई इस बैठक में किसानों के हितों से जुड़े विषयों पर चर्चा की गई बैठक में पार्टी के संगठन महामंत्री पवन साय राज्यसभा सांसद सरोज पांडेय नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक और भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्याम बिहारी जायसवाल भी शामिल हुए बैठक के बाद नेता प्रतिपक्ष श्री कौशिक ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी किसानों के हित में लगातार काम कर रही है किसान मोर्चा के माध्यम से किसानों के मुद्दे पर आगे भी कार्ययोजना बनाई जाएगी

बैठक में प्रदेशभर से आए पदाधिकारियों ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को सार्थक बताते हुए यह संकल्प लिया कि अब किसी भी क्षेत्र में बेटियों पर अत्याचार हुआ तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा प्रदेश प्रभारी विभा राव ने कहा कि महिलाओं पर अत्याचार की सूचना मिलेगी तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ समिति आगे बढ़कर बेटियों को इंसाफ दिलाने का कार्य करेगी संक्षिप्त समाचार खबरें संक्षिप्त में राज्यपाल अनुसुईया उइके ने आईएसबीएम विश्वविद्यालय ग्राम छ्रा गरियाबंद के क्लपति पद पर प्रोफेसर डॉक्टर आनंद महलवार को नियुक्त किया है स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने स्पष्ट किया है कि छत्तीसगढ़ में कोरोना के कारण इकतीस मार्च तक स्कूल बंद करने संबंधी खबरें पूरी तरह से निराधार और भ्रामक है छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनीज के अध्यक्ष अंकित आनंद ने स्पष्ट किया है कि बलौदाबाजार सहित प्रदेश के किसी भी क्षेत्र की विद्युत व्यवस्था संबंधी कार्यों को निजी हाथों पर देने के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में नगर पालिकाओं के आम निर्वाचन के तहत निर्वाचक नामावली तैयार करने के लिए प्रेक्षकों की नियुक्त की है नगर पालिक निगम भिलाई में मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन एक मार्च को किया जाएगा दुर्ग में तीन मार्च से थल सेना में भर्ती के लिए होने वाली रैली के लिए जांजगीर चांपा जिले के उम्मीदवारों को कल अट्ठाईस फरवरी को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा यह प्रशिक्षण जांजगीर के पुलिस ग्राउंड और अकलतरा के पंडित दीनदयाल स्टेडियम में होगा महासमुंद जिला पुलिस द्वारा कोमाखान क्षेत्र के ग्राम चोरभट्ठी में हमर पुलिस हमर संग के तहत जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया रायपुर जिले के लाईवलीहड कॉलेज जोरा और खम्हारडीह में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के तहत अल्प अवधि के विभिन्न प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिए आवेदन आंमत्रित किए गए हैं जांजगीर चांपा जिले में बम्हनीडीह के पास बरगड़ी मोड़ पर दो मोटरसाइकिलों के बीच हुई टक्कर में एक युवक की मौत हो गई जबकि तीन अन्य घायल हो गए हैं महासमुंद जिले के पटेवा थाना क्षेत्र के ग्राम पचरी में ट्रैक्टर ट्रॉली के पलटने से तीस लोग घायल हो गए हैं जिनमें से चार की स्थिति गंभीर बताई गई है राजनादगांव जिले में खैरागढ़ वनमंडल के अंतर्गत वन विभाग की टीम ने तेंदुएं का शिकार करने के मामले में पांच आरोपियों को पकड़ा है राजनादगांव जिले में बसंतपुर पुलिस ने मोहारा शिवनाथ नदी मोड़ पर एक कार से आठ किलो गांजा समेत इकयासी हजार रूपये नगद राशि बरामद की है वहीं कोरिया जिले में पुलिस ने मनेन्द्रगढ़ थाना क्षेत्र से सत्ताईस पैकेट गांजा जब्त किया है